गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई मीडिया के एक वर्ग में खबर आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में गृह सचिव और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में इस विषय पर चर्चा की थी

आयोग ने कहा कि वह राज्य में इसके लिए उचित समय के बारे में रिथति का मूल्यांकन करता रहेगा आयोग ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की समाप्ति और राज्य के सभी क्षेत्रों से उचित रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य में चूनाव कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी

दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष पाँच जून को यह दिवस मनाया जाता है ताकि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए रचनात्मक कदम उठाए जा सकें भारत ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ पर्यावरण के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई है प्रधानमंत्री मोदी ने टवीट कर कहा है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य से भविष्य बेहतर होगा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में पर्यावरण भवन में एक पौधा लगाया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने और ताजी हवा लेने के लिए लोगों को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए पर्यावरण मंत्री ने देश के राजमार्गो के किनारे सवा सौ करोड़ व्रक्ष लगाने के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को आठ पौधे लगाने चाहिए इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में पौधे लगाए इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे पर्यावरण दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में मण्डलायुक्त अजयदीप सिंह की अध्यक्षता में प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया

आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी सहयोग करना चाहिए मुख्यमंत्री न बताया कि इस वर्ष प्रदेश में तेईस करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास के परिसर में रूद्राक्ष और बेल के पौधे भी लगाये इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिह चौहान चिकित्सा शिक्षा मंत्री आश्रतोष टण्डन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे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

सातवीं आर्थिक गणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि जून के अंत या जुलाई के शुरू में पूरे देश में गणना का कार्य शुरू हो जाएगा केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्रालय योजनाबद्व तरीके से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सातवीं आर्थिक गणना में शामिल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कल से शुरू हो जाएगा आर्थिक गणना में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थापित सभी प्रतिष्ठानों और व्यापारिक संस्थानों की पूरी गणना की जाती है

पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की बधाई दी है पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनको शुभकामनायें दीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पीपल और तुलसी के पौधे भी भेट किये

सभी ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी प्रदेश में ईद उल फित्र के अवसर पर आज सुबह विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई प्रशासन ने लखनऊ कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मेरठ और अन्य शहरों में मस्जिदों के आसपास सफाई और सुरक्षा के व्यांपक प्रबंध किए हैं

नवाबों के शहर लखनऊ को देख कर महसूस होता है कि ईद की खुशियों और प्रेम ने सभी को अपने प्रेमबन्धन में बांध लिया है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मै मुल्तान सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी ने एक ट्वीट में कहा कि ईद का यह त्योहार समाज में साम्प्रदायिक सदभाव करूणा और शांति बढ़ाने में सहायक होगा राजधानी लखनऊ में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सुबह नमाज अदा करने के बाद अब लोग एक दूसरे के घर पर जाकर ईद की खुशियां बॉट रहे हैं

लखनऊ में राज्यपाल रामनाईक ने ऐशबाग ईदगाह और बड़े इमामबाड़े में जाकर लोगों को ईद की श्रभकामनायें दीं

प्रदेश के अन्य स्थानों से भी ईद मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं मेरठ में ईद की नमाज के बाद नमाजियों को तोहफे के तौर पर फलदार पौधे भेट किये गये बलरामपुर में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जौनपुर में सुन्नी समुदाय के लोगा ने शाही ईदगाह में नमाज अदा की इसी तरह शिया समुदाय के लोगों ने सदर इमामबाड़ा बेगमगंज में नमाज अदा की अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच सौहार्द के वातावरण में नमाज अदा की गयी

उन्होंने कहा कि हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार को पाने और शोध करने का प्रयास करना चाहिए साथ ही उस ज्ञान को आध्निक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए एक अधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रालय की समीक्षा बैठक के दौरान श्री पोखरियाल ने गुणक्तापूर्ण शिक्षा के महत्व् को भी रेखांकित किया